अधिक संक्रमण वाले इलाकों में यह छूट लागू नहीं होगी खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और बागबानी गतिविधियां कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियांकृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की दुकानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की स्वीकृति दी गई है दो चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति होगी सभी वित्तीय संस्थाएं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्ररी तरह काम करेंगी बिजली मैकेनिक प्लंबर मोटर मैकेनिक और बढई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छूट दी गई है ऐसे लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे केन्द्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे

इसके तहत प्रदेश में कुछ आर्थिक गतिविधियां के संचालन को मंजूरी दी गई है मॉडिफाइड लॉकडाउन में नगरपालिका के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग शुरू हो सकेंगें शहरी क्षेत्रों में उन्हीं उद्योगों को सीमित छूट दी गई है जिनमें श्रमिकों को फैक्ट्री में रखने की उचित व्यवस्था उपलब्ध है

इसके लिए जिला कलेक्टर उप जिला कलेक्टर तहसीलदार नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों को अधिकृत किया गया है

वाहन चलाते समय कार्यस्थल पर बाजार और गली में भी मास्क पहनना जरूरी है

उन्होंने कहा है कि लॉक डाउन के नियम अभी भी लागू रहेंगे श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना अभी भी एक बडा खतरा है और इसके खिलाफ लडाई अभी भी जारी रहेगी श्री गहलोत ने कहा कि बाहर जाते समय मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें

प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों ने पूर्णबंदी के दौरान व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण सहयोग किया है

श्री मोदी ने कहा कि यह सोचना भी कठिन है कि यदि छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों ने जान जोखिम डाल कर लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं करायी होती तो क्या स्थिति होती प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रति दुकानदारों की सेवा हमेशा याद रखी जाएगी